प्रदेश में फिलहाल नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन धार्मिक स्थलों पर लंगर कीर्तन व यज्ञ पर रहेगा प्रतिबंध विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की मांग कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत राहत राशि देने का प्रावधान करे सरकार

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि समाज के विभिन्न वर्गो से विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन न लगाने का निर्णय लिया है ऊना में आज कोविड समीक्षा बैठक में उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे लोगों को शादी जैसे सामाजिक समारोहों में बड़ी संख्या में शामिल न होने के लिए प्रेरित करें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से शामिल करके कोरोना रोगियों का समुचित ईलाज सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जताते हुए प्रदेशवासियों से कोविड मानकों का पूरा पालन करने की अपील की ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके इससे पहले एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के नए दौर का शिखर अभी आना बाकी है और राज्य सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जयराम ठाकर ने बताया कि प्रदेशभर के स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना मरीजों के लिए जल्द ही बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर तीन हजार की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल दर्शनों के लिए खुले रहेंगे लेकिन लंगर कीर्तन और यज्ञ पर प्रतिबंध रहेगा

उन्होंने कहा कि ज़िले में उनके द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा किया जाए ताकि विकास योजनाओं से लोगों को लाभ मिल सके मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को लक्षित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे हमीरपुर समीक्षा बाद में मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में भी अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और ऑक्सीजन पीपीई किट और बिस्तरों इत्यादि का पूरा प्रबंध किया गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर मैडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य जल्द किया जाएगा उन्होंने कहा कि वे सभी ज़िलों में जाकर कोरोना की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री कल बिलासपुर में अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे महेंद्र सिंह जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि व बागवानी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं उन्होंने आज मंडी ज़िले में नाचन क्षेत्र के कुटाहची में आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण किया इसके अलावा महेंद्र सिंह ने मशोगल में उप स्वास्थ्य केंद्र का शुभारम्भ किया और पंचायत घर के अतिरिक्त भवन की आधारशिला भी रखी महेंद्र सिंह ने कहा कि जाछ झुंगी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए चार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत राहत राशि देने का प्रावधान करने की सरकार से मांग की है उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ गई है अग्निहोत्री ने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना से अपने परिजनों को खोया है उन्हें राहत राशि दी जानी चाहिए विपक्ष के नेता ने राज्य सरकार को भाजपा के वरिष्ठ नेता शांताकुमार द्वारा कोरोना रोकथाम के संबंध में दी गई सलाह का अनुसरण करने को भी कहा है मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल घाटी की त्रिलोकनाथ थियोट और मुरिंग पंचायतों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनीं उन्होंने अनेक समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए मारकंडा ने कहा कि किशोरी गांव में सड़क का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा और त्रिलोकनाथ व हिंसा में अलग अलग पेयजल पाईप लाईन की व्यवस्था की जाएगी विश्व धरोहर आज विश्व धरोहर दिवस है इस मौके पर चंबा में आज हैरिटेज वॉक का आयोजन किया गया प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने चंबा के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का पैदल भ्रमण कर उनके बारे में जानकारी हासिल की इसके बाद भूरी सिंह संग्राहलय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर पदमश्री विजय कुमार और एसएन सेठी को भी सम्मानित किया गया दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना ज़िले के थानाकलां में गौ अभ्यारण्य का दौरा किया

पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मुख्यमंत्री के साथ थे दुर्घटना चंबा ज़िले में बीती रात उटीप पनेला मार्ग पर एक कार के भूस्खलन की चपेट में आने से उसमें सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि प्रशासन ने लोगों के सहयोग से मृतकों के शवों को खाई से निकाला प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को फौरी राहत दी गई मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों पर बीती रात व्यापक रूप से वर्षा हुई है कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हुई इस वर्षा से तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है लाहौल स्पिति जिले की उंची चोटियों पर हुए हिमपात के बाद केलंग सहित कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है केलंग में आज न्यूनतम तापमान माईनस शून्य दशमलब दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इस बीच कुल्लू ज़िले की ऊंची चोटियों पर आज दोपहर बाद हल्का हिमपात हुआ जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हुई वर्षा के बाद सैंज के पागल नाले में बाढ़ आने से औट सैंज मार्ग पर यातायात अवरूद्व हो गया है

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने युवाओं से नशे के खात्मे के लिए आगे आने का आहवान किया है शिमला ज़िले में नारकंडा के धोमोदी में आज क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं में नशे की प्रवृति को दूर करने में सहायता मिलती है महिला मोर्चा कोविड वैक्सिन को लेकर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा जनजागरण अभियान चलाएगा